सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

पीएम टीका उत्सव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अभियान का आज शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने देशवासियों से चार सिद्वांतों का पालन करने की अपील की है श्री मोदी ने बताया कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ एक और बड़े संघर्ष की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीकों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाएं प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सभी से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर आज से चौदह अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें टीकाकरण प्रदेश देशव्यापी कोविड टीका उत्सव मध्यप्रदेश में भी आज से शुरू हुआ चार दिन के टीका उत्सव का उद्देश्य राज्य के सभी जिलों में लोगों का कोविड टीकाकरण करना है प्रदेश में भी लोग टीकाकरण महोत्सव को लेकर उत्साहित हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण महोत्सव को सफल बनाने के लिये जन प्रतिनिधियों धर्म गुरूओं समुदाओं के अध्यक्षों और स्वयं सेवी संस्थाओं से सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है

जबलपुर जिले में कोरोना टीकाकरण के प्रति आमजनों में जागरूकता पैदा करने के लिये आज कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिला चिकित्सालय से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण महोत्सव का शुभारंभ किया पन्ना जिले में भी आज से मनाये जा रहे टीका उत्सव मे बड़ी संख्या में लोग कोविड का टीका लगवाने टीकाकरण केंद्र पहुच रहे है सतनासीहोर सीधी बैतूल शिवपुरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी टीका उत्सव मनाये जाने के समाचार मिले हैं रेमडेसिविर प्रतिबंध केंद्र ने देश में कोविड महामारी की रिथति में सुधार होने तक रेमडेसिविर इन्जेक्शन और इसे बनाने में काम आने वाले औषधीय घटकों के निर्यात पर पावंदी लगा दी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने वेबसाइट पर इस दवा के स्टॉक और वितरकों का ब्योरा दें ताकि इसे आसानी से प्राप्तं किया जा सके मंत्रालय ने कहा है कि औषधि निरीक्षक और अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं उन्हें धांधली और गलत तौर तरीकों पर नजर रखने तथा जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने को भी कहा गया है जन आंदोलन उमरिया के दिनेश मिश्रा ने कोविड टीकाकरण के बाद लोगों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में कोविड का टीका लगवाए और टीका लगवाने के लिये अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित भी करें

उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं मोहल्ला समितियों और ग्रामीण अंचल में सरपंचों का आव्हान किया कि वे कोरोना संक्रमण रोकने में जनता कर्फ्यू जैसे प्रयासों को प्रभावी तरीके से लागू करें राज्यपाल आज राजभवन लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्वदलीय बैठक ले रही थीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का संकट बड़ा है प्रदेश में कोरोना की पहली पीक से दो गुना से अधिक प्रकरण आ रहे हैं ऐसे में सभी मिलकर कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़े और इसे परास्त करें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त बिस्तरों ऑक्सीजन सप्लाई इंजेक्शन दवाओं की व्यवस्था है निजी अस्पतालों को भी अनुबंधित किया जा रहा है हर जिले में कोविड केयर सेंटर चालू किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री लॉकडाउन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए प्रदेश व्यापी लॉक डाउन नहीं लगाया जाएगा उन्होने कहा कि जनता से चर्चा कर शहरों में स्वतः स्फूर्त कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा जिलों में स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूह स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जनता से चर्चा के बाद निर्णय लेंगे आज भोपाल में पत्रकारो से चर्चा के दौरान श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है हमें आर्थिक गतिविधियों को भी चालू रखना है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है इसके चलते कई शहरों में लॉक डाउन बढ़ा दिया गया है

कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आगरमालवा जिला प्रशासन द्वारा दो छात्रावासों को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है

जिला कलेक्टर कोरोना कर्फ्यू क्षेत्र में जिला और संभाग स्तरीय कार्यालयों को पूर्णतः या आंशिक रूप से संचालित करने का निर्णय ले सकेंगे

कल अमावस्या के अवसर पर खंडवा जिले के ऑकारेश्वर और सिंगाजी समाधि स्थल पर आयोजित होने वाले मेले के आयोजन को स्थगित कर दिया है